विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत द्वारा किये गये प्रयासों पर संतोष जताया है कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राजभवन में होने वाला बसंतोत्सव कार्यक्रम स्थगित

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनायें दी जन समर्थन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के निर्णय को प्रदेश की जनता का समर्थन मिला है देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में श्री रावत ने कहा कि गैरसैण का मुद्दा जनभावनाओं से जुड़ा था और इस पर सही निर्णय लिये जाने की आवश्यकता थी उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार गैरसैण को लेकर कोई निर्णय लेने में पूरी तरह से असफल रहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद अब सरकार के सामने वहां बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की चुनौती है कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हरसंभव उपाय किये हैं नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत द्वारा किये गये प्रयासों पर संतोष जताया है उन्होंने बताया कि देश में अब तक आठ लाख चौहत्तर हजार से अधिक यात्रियों की विभिन्न हवाईअड्डों पर जांच की गई है

उन्होंने बताया कि सभी राज्य सरकारों के साथ भी नियमित समीक्षा की जा रही है और राज्यों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए जल्द रैपिड एक्शन टीम बनाने के लिए कहा गया है

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बसंतोत्सव के प्रति प्रदेश के पुष्प उत्पादकों और पुष्प प्रेमियों में उत्साह रहता है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने करोना वायरस की रोकथाम और इससे बचाव के लिए लोगों को भीड़ में शामिल न होने की सलाह दी है

हालांकि प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ा एक भी मामला सामने नहीं आया है

इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने टनकपुर में आईसुलेशन वार्ड बनाया है जिसमें नेपाल से आवागमन करने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पर आवागमन करने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है मुख्यमंत्री संदेश इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें

राज्य के विभिन्न हिस्सों में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बाजारों में होली के रंग और पिचकारियां खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जिससे बाजारों की रौनक देखते ही बनती है उधर कुमांऊ के विभिन्न हिस्सों में होली का आयोजन किया जा रहा है महिला और पुरुष होल्यार खड़ी और बैठकी होली का गायन कर रहे हैं नगरीय क्षेत्र में जहां मोहल्लों में लोग टोलियां बनाकर होली गायन कर रहे हैं वहीं ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक तरीके से दो ताल तीन ताल और चार ताल की खड़ी होलियों का गायन हो रहा है उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुंडा में आज पौराणिक होली खली गई इस क्षेत्र के लोग बाजारों से रंग नहीं खरीदते ब्लकि अपने घर पर ही दूध महा और विभिन्न जैविक पदार्थ मिला कर रंगों का निर्माण करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में भी लोग होली की तैयारियों में जुटे हैं बाजार मिठाईयों पिचकारियों और रंगों से सज चुके हैं आज देहरादून सहित राज्य के विभिन्न बाजारों में होली का समान खरीदने वालों की भीड़ लगी रही

सभी महिलाएं अपने घर से पूजा की थाली लेकर होलिका दहन पर पूजा करने जा रही हैं देहरादून में कूर्मांचल सांस्कृतिक कल्याण परिषद की ओर से क्लेमेंटाउन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया इस दौरान सांस्कृतिक दलों ने छोलिया और झोड़ा नृत्य एकल व सामूहिक मनोहारी कुमाउंनी लोक गीत प्रस्तुत किए कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों और वृद्धजनों को सम्मानित भी किया गया इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कूर्मांचल सांस्कृतिक कल्याण परिषद राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में लगातार बेहतर काम कर रही है जो सराहनीय है शुभकामना संदेश राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएँ दी हैं उन्होंने कहा कि होली का पर्व आपसी मतभेदों और कटुता को भुलाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और सहयोग को प्रोत्साहित करने का पर्व है राज्यपाल ने लोगों से आपसी प्रेम एवं सद्भावना के साथ सुरक्षित प्रकार से होली खेलने और पर्व मनाने की अपील भी की है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने होली को आपसी भाईचारे सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाने की अपील की है विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है अपने संदेश में उन्होंने प्रदेशवासियों से जीवन के लिए मूल्यवान पर्यावरण की रक्षा करने और होली में पानी के अपव्यय से बचने और नुकसानदायक रंगों का उपयोग न करने की अपील की है चयन पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत आदिवासी समूह के तौर पर ऊधमसिंह नगर के सात गांवों का चयन किया गया है पहेनिया न्याय पंचायत के इन सात गांवों ने हैंडीक्रॉफ्ट कलस्टर का गठन किया जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है इस मिशन से जुड़े लोगों में मुख्य रूप से थारू आदिवासी जनजाति की महिलाएं हैं जो स्थानीय पौधों से डलिया और टोकरी आदि बनाने का काम करती हैं इस मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक हिमांशु जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधायें पहुंचाकर वहां की दस्तकारी और अन्य कलाओं को संरक्षित कर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाना चाहती है